जयप्र में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर आयोजित की गई मैराथन दौड़ सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर कार्य करने के लिए हनुमानगढ जिले को राज्य में मिला पहला स्थान

श्री मोदी कल मुम्बई में देश के पहले राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे थे इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि देश में शुटिंग की अनुमति मांगने वाले विदेशी फिल्म निर्देशकों के लिए सारी प्रक्रिया एक ही स्थान पर जल्द निपटाने के उद्देश्य से फिल्म सुविधा केन्द्र शुरू किया गया है

इन किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे ही कृषि आदान अनुदान जमा कराया जाए

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि केंद्र से मिलने वाली सहायता के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखें ताकि समय पर सहायता उपलब्ध हो सके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस और आबकारी विभाग को राज्य में शराब की दुकाने रात आठ बजे बंद करने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं श्री गहलोत ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यदि शराब की कोई दुकान रात आठ बजे बाद खुली पाई जाए तो उस पर जुर्माना लगाने दुकान सील करने और लाईसेंस निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाये प्रदेशभर की शराब की दुकानों पर कल जांच की गई आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी और वृत्त निरीक्षकों की ओर से की गई जांच में एमआरपी से अधिक राशि वसूलने तथा ओवरटाइम से संबंधित अभियोग दर्ज किए गए आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि राज्य की हर शराब दुकान पर निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित और दृश्यमान रहेगी और एमआरपी से अधिक राशि वसूल नहीं करने की पुष्टि दुकान के प्रत्येक लाइसेंसी और उनके सेल्समैन द्वारा व्यतिगत रूप से सुनिश्चित की जाएगी श्री मिश्रा ने बताया कि शाम छह से आठ बजे के दौरान शराब दुकानों पर विभागीय अधिकारी दुकानों की सम्पूर्ण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए गश्त करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी देंगे केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उपकम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए की ओर से आयोजित किए जा रहे सक्षम महोत्सव के तहत आज ईंधन बचाने के उद्देश्य से प्रदेश के कई शहरों में साइकिल रैली निकाली गई पीसीआरए के अधिकारी दीपक ग्रप्ता ने बताया कि जयपुर में आयोजित हुई इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर स्वास्थ्य पर्यावरण और ईंधन संरक्षण साइकिल रैली निकाली गई

दोपहर में वे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे जयपुर में आज रोटरी क्लब की ओर से मैराथन दौड़ आयोजित की गई अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक हई इस दौड़ में युवाओं के साथ सभी वर्गो के लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव जयपुर नगर निगम के कार्यवाहक महापौर मनोज भारद्वाज और मिस राजस्थान उपस्थित थी इन लोगों ने प्रतिभागियों की हौंसला अफजाई की मैराथन का उददेश्य बालिकाओं की शिक्षा था इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि ये बहत महत्वपूर्ण है बालिकाओं को एक अच्छे माहौल में शिक्षा मिले उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी बालिकाओं की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की हुई है इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए समाज को भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर कार्य करने के लिए हनुमानगढ़ जिले को राज्य में पहला स्थान मिला है

सभी बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ मतदान केन्द्रों पर मौजूद रहकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और पहले से पंजीकृत मतदाताओं से प्रविष्टी में संशोधन के लिए आवेदन ले रहे हैं दौसा की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन की कारावास की सजा सुनाई है अरोपी पर दो लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है

चूरू जिले के सुजान गढ़ में पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर क्रिकेट खेल पर सट्टा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया